आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसान लंबे समय से इनकी मांग कर रहे थे प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद ने बहुत विचार विमर्श के बाद कृषि सुधारों को कानूनी रूप दिया है बीते दिनों हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं बरसों से किसानों की जो मांग थी जिन मांगो को पूरा करने के लिए किसी न किसी समय में हर राजनीतिक दल ने उनसे वायदा किया था वो मांगे पूरी हुई हैं काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरुप दिया इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुये हैं बल्कि उन्हें नये अधिकार भी मिले हैं नये अवसर भी मिले हैं इन अधिकारों ने बहुत ही कम समय में किसानों की परेशानियों को कम करना शुरू कर दिया है प्रधानमंत्री ने युवाओं से अनुरोध किया कि वे अपने आसपास के गांवों का दौरा करके किसानों को खेती में नवाचारों और हाल के कृषि सुधारों के बारे में जागरूक करें प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र कल गुरुनानक देव का पांच सौ इंक्यावनवां प्रकाश पर्व मनाएगा उन्होंने कहा कि गुरु नानक के उपदेश वैंकूवर से वेलिंगटन और सिंगापुर से दक्षिण अफ्रीका तक गूंजते हैं श्री मोदी ने कहा कि देश ने अब लॉकडाउन चरण से बाहर निकलने के बाद कोरोना के टीके पर चर्चा शुरू कर दी है हालांकि उन्होंने आगाह किया कि कोरोना के बारे में कोई भी लापरवाही बहुत घातक होगी श्री मोदी ने सभी को कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूत करने के लिए कहा

इससे ईपीएफओ से जूड़े लगभग पैंतीस लाख पेंशनधारकों को फायदा होगा यह फैसला कोरोना महामारी और बुज़्गों को इससे प्रभावित होने की आशंका को देखते हए किया गया है फिलहाल पेंशनधारक तीस नवंबर तक कभी भी जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं जो जारी होने की तिथि से एक वर्ष तक मान्य रहेगा जीवन प्रमाण पत्र तीन लाख पैंसठ हजार सामान्य सेवा केंद्रों एक लाख छत्तीस हजार बैंक शाखाओं डाकघरों और एक लाख नब्बे हजार डाकियों तथा ग्रामीण डाक सेवकों के जरिए जमा कराया जा सकता है धान खरीदी प्रदेश में समर्थन मुल्य पर धान खरीदी परसों एक दिसंबर से शुरू होगी राज्य में इस साल धान बेचने के लिए इक्कीस लाख उनतीस हजार से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है जबकि धान का रकबा सत्ताईस लाख उनसठ हजार हेक्टेयर से अधिक है बीते दो सालों के दौरान खेती के रकबे और किसानों की संख्या में बढ़ोत्तरी हई है धान बेचने वाले किसानों का रकबा पिछले दो साल में तीन लाख बत्तीस हजार हेक्टेयर बढ़ा है वहीं किसानों की संख्या भी छह लाख बत्तीस हजार से अधिक बढ़ गई है इधर राजनांदगांव जिले में धान खरीदी की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने समिति प्रबंधकों और कम्प्यूटर ऑपरेटरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए उन्होंने कहा कि धान बेचने में किसी भी किसान को परेशानी नहीं होनी चाहिए कलेक्टर ने कहा कि समिति प्रबंधकों को धान खरीदी केन्द्रों की क्षमता के अनुसार ही कूपन काटना चाहिए प्रत्येक गांव के कूपन काटने के लिए अलग अलग दिन पहले ही निर्धारित किया जाए उधर कोंडागांव जिले में पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने माकड़ी थाना के ग्राम छिनारी में धान जब्त किया है ओडिशा से लाया जा रहा बारह बोरी अवैध आईईडी विस्फोट सुकमा जिले में बीती रात माओवादियों द्वारा किए गए बारूदी सुरंग विस्फोट में सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन का एक जवान शहीद हो गया वहीं नौ अन्य जवान घायल हो गए हैं जिनमें से आठ जवानों को बेहतर उपचार के लिए राजधानी रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है सुकमा से हमारे संवाददाता विष्णु प्रताप सिंह राठौर ने बताया कि कल चिंतलनार बुरकापाल और चिंतागुफा बेस कैम्प से कोबरा एसटीएफ तथा डीआरजी की संयुक्त टीम तलाशी अभियान पर निकली थी इस दौरान अरबराज मेट्टा पहाड़ियों के पास माओवादियों ने बारूदी सुरंग विस्फोट किया

वहीं अस्पताल में भर्ती सात अन्य जवानों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने माओवादी घटना की निंदा करते हुए शहीद जवान के प्रति गहरा शोक व्यक्त किया है उन्होंने शहीद जवान के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है मुख्यमंत्री ने इस घटना में घायल जवानों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है श्री बघेल ने कहा है कि माओवादियों की ऐसी कायराना हरकत से जवानों का मनोबल कम नहीं होगा यह समय पीछे हटने का नहीं आगे बढ़कर माओवादियों का सामना करने का है गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने माना पहुंचकर शहीद जवान के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्दांजलि दी

बाद में शहीद जवान के पार्थिव शरीर को विमान से उनके गृहग्राम के लिए रवाना किया गया जवान आत्महत्या सुकमा और बीजापुर जिले में दो जवानों ने अपनी ही सर्विस रायफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली मिली जानकारी के मुताबिक सुकमा जिले के पूरसपाल स्थित सीएएफ के कैम्प में जवान दिनेश वर्मा ने आज सुबह अपने ही रायफल से खुद पर छह राउंड फायरिंग की जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई पुसपाल थाना प्रभारी और एसडीओपी घटनास्थल पर पहुंचकर आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुट गए हैं यह जवान भिलाई का रहने वाला था वहीं बीजापुर जिले के पामेड़ थाना परिसर में कल दोपहर एक पुलिस कांस्टेबल विनोद पोर्ते ने भी सर्विस रायफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली यह कांस्टेबल बिलासपुर जिले के पाली ब्लॉक के ग्राम सिरसा का रहने वाला था इसकी ड्यूटी माओवाद प्रभावित पामेड़ थाने में थी हमर ग्राम सभा पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव आज रात साढ़े सात बजे आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित विशेष कार्यक्रम हमर ग्राम सभा में राज्य शासन की नीतियों योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देंगे इस कार्यक्रम को मीडियम वेव नौ सौ इकयासी किलोहर्ट्ज पर सुना जा सकता है इस कार्यक्रम को प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे माशिमं असाइनमेंट छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शैक्षणिक सत्र दो हजार बीस इक्कीस के लिए छह महीनों में छह असाइनमेंट जारी करने का निर्णय लिया है यह असाइनमेंट छात्र घर से लिखकर अपने स्कलों में जमा करेंगे इसका मूल्यांकन संबंधित स्कूलों द्वारा करवाकर प्राप्तांक शिक्षा मंडल के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा इस संबंध में सभी मान्यता प्राप्त स्कूल के प्राचार्यों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं निर्देश में कहा गया है कि मुख्य परीक्षा के लिए छात्रों को छह में से चार असाइनमेंट जमा करना आवश्यक है असाइनमेंट के अंकों के आधार पर मुख्य परीक्षा में अधिभार दिया जाएगा छात्रों द्वारा स्कूलों में जमा किए गए असाइनमेंट को परीक्षा परिणाम घोषित होने से एक सौ बीस दिनों तक सुरक्षित रखे जाने के भी निर्देश दिए गए हैं असाइनमेंट सुरक्षित नहीं पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी कोरोना समाचारजागरूकता प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दो लाख पैंतीस हजार के करीब पहंच गई है वर्तमान में करीब इक्कीस हजार मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है इस बीच प्रदेश में कोरोना से अब तक दो हजार आठ सौ तीस लोगों की मौत हो चुकी है उधर महासमुंद जिले में कोरोना महामारी की रोकथाम और बचाव के लिए आयुर्वेद विभाग द्वारा आयुष काढ़ा और पॉम्पलेट का वितरण किया जा रहा है जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर सुखलाल पटेल ने बताया कि जिले के पांचों विकासखंडों के संबंधित स्वास्थ्य केन्द्रों में अब तक साढ़े तीन हजार काढ़ा और पॉम्पलेट का निःशुल्क वितरण किया जा चुका है इस बीच छत्तीसगढ़ी की जानी माने लोक गायिका कविता वासनिक ने लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी सावधानियां बरतने की अपील की है

श्री बघेल ने आज जांजगीर चांपा जिले के शिवरीनारायण में आयोजित मानस महोत्सव के मौके पर यह घोषणा की इससे पहले मुख्यमंत्री ने शिवरीनारायण मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्वि और खुशहाली की कामना की श्री बघेल ने अपने शिवरीनारायण प्रवास के दौरान राम वनगमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत लगभग छत्तीस करोड़ रूपये के प्रस्तावित कार्यों के मॉडल का भी अवलोकन किया समीक्षा बैठक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्रक्मार ने राजधानी रायपुर में विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक ली इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा कि पेयजल योजनाओं में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी

समीक्षा के दौरान मंत्री रूद्रकुमार ने तीनों परिक्षेत्र रायपुर बिलासपुर और जगदलपुर के मुख्य अभियंता सहित सभी अधीक्षण अभियंताओं से विभागीय कामकाज की जानकारी ली उन्होंने कहा कि राज्य पोषित मद से स्वीकृत ग्रामीण नल जल योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा करें तथा ग्रामीणों को घरेलू नल कनेक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने अधिकारियों को बसाहटों आंगनबाड़ी स्कूल और गौठानों में नलकूप खनन कराने के भी निर्देश दिए पुनिया बातचीत कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा है कि अगले पंद्रह से बीस दिनों में निगम मंडल और संगठन में नई नियुक्ति कर दी जाएगी उन्होंने कहा कि कल राजधानी रायपुर में हुई समन्वय समिति की बैठक में निगम मंडल में नियुक्ति और दो हजार तेईस में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए श्री पुनिया ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के हित में काम कर रही है वह किसानों को सभी सुविधाएं दे रही है प्रदेश में बढ़ते अपराधों के मामलों पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सभी मामलों को देख रहे हैं और आरोपियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जा रही है भाजयूमो अध्यक्ष बयान भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों के साथ छल कर रही है श्री साहू ने कल राजनांदगांव में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि समय पर धान खरीदी नहीं होने से राज्य के किसान परेशान है उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है प्रशिक्षण शिविर कोंडागांव में कल हुई एक कार्यशाला में यातायात पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग के कर्मचारियों को प्राथमिक चिकित्सा के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया इस मौके पर दुर्घटना के दौरान किसी इंसान के घायल होने की रिथति में उसे किस तरह से प्राथमिक उपचार देना है इस बारे में यातायात कर्मचारियों को विस्तार से बताया गया कार्यशाला में डॉक्टर अजय सिंह ने दुर्घटना होने जलने और चोट लगने पर किस तरह से त्वरित सहायता पहुंचाई जा सकती है इस बारे में जानकारी दी साथ ही गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को किस प्रकार से सीपीआर दिया जाता है इस बारे में डेमो और प्रशिक्षण भी दिया गया

इसकी पूर्व संध्या पर राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं

वहीं ग्राम लाटा में उन्होंने सामुदायिक भवन और खाद्यान्न गोदाम का लोकार्पण किया

आरोपियों में दो ओडिशा और एक रायपुर का रहने वाला है

हालांकि पुलिस ने कुछ ही घंटों बाद उसे पकड़ लिया